मारकंडा आज केलांग में कृषि विमाग द्वारा आयोजित किसान मेले और एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किया है उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का भी आहवान किया मारकंडा ने जिले को औद्योगिक क्षेत्र में के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई वतन गीत केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशमक्ति गीत वतन जारी किया यह विशेष गीत द्रदर्शन ने तैयार किया है

इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है प्रकाश जावड़ेकर ने द्रदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगो में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा बॉलीवुड गायक जावेद अली द्वारा गाये गये इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और संगीत दृष्यंत का है इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जाएगा शांताकुमार पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांताकुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं इससे आने वाले समय में प्रदेश का पर्यटन उद्योग और तेजी से आगे बढ़ेगा शांताकूमार आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हिमाचल को पर्यटन प्रमुख प्रदेश बनाने से जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं इससे सरकार पर किसी तरह का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा

उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर किसी योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने और अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने की भी सलाह दी गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बरसात के चलते ब्यास और इसकी सहायक नदियों में पानी में बढौतरी के चलते लोगों को एहतियात बरतने को कहा है उन्होंने ये भी कहा कि व्यास नदी में इन दिनों राफिटंग जैसी गतिविधियों पर रोक है और लोग इसमें सहयोग करें ताकि किसी की भी जिंदगी खतरे में न पड़े गोविंद ठाकूर आज कुल्लू के पतली कूहल और कटरांई में रिहायशी क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे इस क्षेत्र में कृछ रोज पूर्व बादल फटने से लोगों के घरों व बागीचों को खतरा पैदा हो गया है उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को सडकों तथा डंगों को तरंत दुरूस्त करने के निर्देश दिए उन्होंने सुंदरी बाग क्षेत्र का भी दौरा किया जहां बादल फटा था विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेलों का विशेष महत्व है खेलों से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है और उनमें जुझारूपन अनुशासन सहयोग और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है विपिन परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल प्रदेवा में आयोजित सुलह जोन की छात्र खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने अध्यापको से विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास का आहवान भी किया स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर विजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया

राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा

राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में कहा कि कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या अपमान सहन नहीं करेगी उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की राठौर ने स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम के साथ हुए अन्याय पर हैरानी जताई और कहा कि पांच दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन द्वारा उनकी सुधे न लेना गैर जिमेदाराना है उन्होंने राज्यपाल से भी इस मामले में तुरंत दखल की मांग की है